मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया लैंड रिकॉर्ड के ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश सरकार अगले साल से राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में मनाएगी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जन्म दिवस ध्मधाम से मना अनंत चुतर्दशी का त्यौहार प्रदेश की विभिन्न नदियों और सरोवरों में किया गया गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन मानधन योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारम्भ किया इस योजना के तहत पांच करोड़ लघ् और सीमान्त किसानों को तीन हजार रूपये प्रतिमाह की न्यूनतम पैंशन देकर उनका जीवन सुरक्षित बनाया जायेगा

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यकम के अंतर्गत राष्ट्रीय सामान्य दस्तोवेज पंजीकरण प्रणाली का शुभारंभ किया लैंड रिकॉर्ड के ऑनलाईन पंजीकरण का ये कार्यक्रम प्रायोगिक आधार पर सर्वप्रथम शिमला शहरी और कुमारसैन तहसील में शुरू किया गया है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस प्रक्रिया से राज्य में शीघ्र पंजीकरण के साथ ऑनलाईन मुल्यांकन और भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी उन्होंने कहा कि इस पायलट प्रोजैक्ट की सफलता के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि से जुड़े विवादों को प्रभावी तरीके से निपटाने और राजस्व संबंधी मुकददमों में कमी लाने में भी ये प्रणाली भील का पत्थर साबित होगी उन्होंने पहली कंप्यूटरीकृत भूमि पंजीकरण की प्रति भी भूमि मालिक राकेश कुमार और मीना को प्रदान की मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि जल संरक्षण को तुरंत जन आंदोलन बनाने की ज़रूरत है ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल का संरक्षण किया जा सके मारकंडा आज कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के सूरजपुर में आयोजित किसान मेले के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भू जलस्तर काफी नीचे चला गया है जो चिंता का विषय है गोविंद ठाकुर वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकूर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव इस बार नये रंग रूप में नज़र आएगा गोविंद ठाकर आज दशहरा महोत्सव की तैयारिया को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि दशहरा महोत्सव में इस बार प्रदेश की परंपराओं और संस्कृति से जूड़े अनेक कार्यक्रमों को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा उन्होंने कहा कि इस बार कल्लू के पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बाहर निकालकर इनका एक विशेष और वृहद प्रदर्शन किया जाएगा क्यों कि इनमें से अधिकांश लुप्त हो गए हैं

बिंदल विघानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि वित्तीय संस्थानों के लिए विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है बिंदल आज सोलन में दि बघाट अर्बन को ऑपरेटिव बैंक के स्वर्ण जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने उम्मीद जताई कि बघाट अर्बन को ऑपरेटिव बैंक पूर्व की भांति भविष्य में भी विश्वसनीयता व बेहतर सविधाओं के मामले में लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा

उन्होंने छात्रों का आहवान किया कि वे अनुशासन को प्राथमिकता दें ताकि सफलता उनके कदम चूम सके रामलाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक रामलाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार से जनमंच में उठाए जाने वाले मामलों की सची तय करने की मांग की है रामलाल ठाकर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि जनमंच में आपराधिक न्यायालय में लंबित और केन्द्र सरकार से जुड़े मामलों में भी जवाब तलब किया जा रहा है जो सही नहीं है उन्होंने जनमंच में मंत्रियों द्वारा अधिकारियों को धमकाकर आम जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया और कहा कि इसे कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी सुरेश भारद्वाज हिमाचल प्रदेश सरकार अगले साल से राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जन्म दिवस मनाएगी

उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार हिमाचल निर्माता है और सरकार ने उनका जन्म दिवस बड़े आयोजन के तौर पर मनाने का निर्णय लिया है सांसद सुरेश कश्यप भी इस अवसर पर मौजूद थे अनंत चतुर्दशी आज अनंत चतुर्दशी का त्योहार ध्रमधाम से मनाया गया इस मौके पर प्रदेश की विभिन्न नदियों और सरोवरों में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया दस दिनों की पूजा के बाद आज लोगों ने गणपति बप्पा को घरों से विदा किया राजधानी शिमला में इस मौके पर सुन्नी तत्तापानी में सतलुज नदी में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया निर्देश प्रदेश सरकार ने राज्य के बागवानों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं सरकार के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में ये जानकारी देते हुए कहा कि ये दिशा निर्देश आढ़तियों द्वारा सेब उत्पादकों के साथ की जा रही धोखाधड़ी रोकने के मकसद से जारी किए गए हैं प्रवक्ता ने कहा कि बागवानों को अपने उत्पाद को आढ़ती के लाइसेंस की प्रमाणिकता जांच कर ही सेब बेचने चाहिए और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आढ़ती पूलिस द्वारा सत्यापित है उन्होंने कहा कि बागवानों को सेब दुलाई के लिए पंजीकृत ट्रांसपोर्ट यूनियनों के वाहनों का ही उपयोग करना चाहिए बैठक प्रदेश विधानसभा में बीते रोज़ और आज जन प्रशासन और मानव विकास समितियों की बैठकों का आयोजन किया गया जन प्रशासन समिति की बैठक की अध्यक्षता समापति कर्नल इंद्र सिंह ने की बैठक में समिति ने सहकारिता विभाग से संबंधित अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित प्रथम प्रतिवेदन और राजस्व विभाग से संबंधित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित विभागीय उत्तरों का अवलोकन किया

बैठक में समिति ने तकनीकी शिक्षा विभाग उच्चतर शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा विमाग से संबंधित आश्वासानों पर प्राप्त विमागीय उत्तरों का अवलोकन किया इस बीच असम विधानसभा की लोक उपकम समिति भी आज प्रदेश विधानसभा के दौरे पर पहुंची समिति ने पहले दिन ई विधान प्रणाली के बारे में जानकारी हासिल की सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि बच्चे कुशाग्र बुद्धि के घनी होते हैं और अगर उन्हें सही समय पर उचित मंच मिले तो वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं सैजल आज परवाणु में एक निजी स्कूल में आयोजित खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बोल रहे थे